इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बताया कि दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार करने की योजना है

सैंकड़ों कितोमीटर लंबे इस रूट में कोयला खाने हैं थर्मल पावर प्लांट है औद्योगिक शहर है इनके लिए फीडर मार्गे भी बनाये जा रहे हैं वहीं पश्चिमी डेडिकेटड फ्रेट कॉरिडोर महाराष्ट्र में जे एन टी गोव उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ता है

इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर के इर्द गिर्द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर भी विकसित किये जा रहे हैं यह महत्वाकांक्षी खंड राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गलियारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत मददगार होगा और किसान रेलगाडियों की मदद करेगा यह फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्मर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे उद्योग हो व्यापार कारोबार हो किसान हो या फिर कन्ज्यूमर हर किसी को इनका लाम मिलने वाला है लुषियाना और वाराणसी का कपड़ा निर्माता हो या फिरोजपुर का किसान अलीगढ़ का ताला निर्मोता हो या राजस्थान का संगमरमर कारोबार मलियाबाद का आम उत्पादक हो या कानपुर और आगरा का तेजर उद्योग भदौही का कालीन उद्योग हो या फिर फरीदाबाद की कार इंडस्ट्री हर किसी के लिए ये अवसर ही अवसर लेकर आया है प्रदेश में स्थित तीन सौ इक्यावन किलोमीटर लंबे इस खंड के निर्माण पर पांच हजार सात सौ पचास करोड़ रुपये की लागत आई है इस मालवाहक गलियारे के खुलने से मौजूदा कानपुर दिल्ली लाइन पर भीड़ भाड़ कम होगी और रेलवे ज्यादा तेजी से रेलगाडियां चला सकेगा श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र के लिए विकास में संपर्क सुविधा का उतना ही महत्व है जितना शरीर में रीढ की हड्डी और धमनियों का होता है केन्द्र सरकार की विभिन्न ढांचागत विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे के बुनियादी ढांचे का विकास पिछली सरकारों की प्राथमिकता नहीं थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह नया गलियारा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और इससे विकास के लिए नया माहौल बनेगा राज्यपाल आनंदी बेन पटेल भी वर्चुअल माध्यम से समारोह में शामिल हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन के नये स्ट्रेन को देखते हुये पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा है कि कोविड नाइन्टीन के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिये सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाय मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोविड के नये स्ट्रेन की जांच के सम्बन्ध में प्रदेश के प्रयोगशालों को उच्चीकृत करते हुये टेस्टिंग की सभी व्यवस्था की जाय मुख्यमंत्री ने सर्विलांस तथा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिये हैं देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड नाइन्टीन के सोलह हजार चार सौ वत्तीस नये मामलों की पुष्टि हुई इसके साथ ही अब तक एक करोड दो लाख चौबीस हजार तीन सौ तीन लोग संक्रमित हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले एक दिन में दो सौ बावन रोगियों की इस वायरस से मौत हुई है अब तक एक लाख अड़तालिस हजार एक सौ तिरपन लोगों की इस महामारी से मृत्यू हो चुकी है इस समय कुल दो लाख अड़सठ हजार पांच सौ इक्यासी सक्रिय मामले हैं कल एक दिन में चौबीस हजार नौ सौ रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक अट्ठानबे लाख सात हजार पांच सौ उनहतत्तर रोगी स्वस्थ हुए हैं स्वस्थ होने की दर पंचानबे दशमलव नौ रो प्रतिशत हो गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में नामित अधिकारियों को संबंधित जनपद के भ्रमण के दौरान विकास कार्यो की गहन मानीटरिंग करने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि सभी नोडल अधिकारीगण जनपद भ्रमण के बाद आज अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करें उन्होंने निर्देश दिया कि नोडल अधिकारी गन्ना क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करे और गोआश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को मौके पर जाकर देखे मुख्यमंत्री ने नोडल अधिकारियों को सिंचाई व्यवस्था नहरों में पानी की उपलब्धता विद्युत आपूर्ति और वरासत अभियान की प्रगति की समीक्षा के भी निर्देश दिये आगरा जिले के डाँकी क्षेत्र में आज सुबह हुयी एक सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मृत्यु हो गयी पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक चारपहिया वाहन पर सवार होकर चार लोग आगरा फतेहाबाद मार्ग पर जा रहे थे उसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार सामने आ गया दुर्घटना में तीन कार सवारों की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि मोटरसाइकिल सवार ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया